प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर पचासी प्रतिशत से अधिक हुई

कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर अधिक से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में अब तक अठारह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि सैन्य बल कोविड महामारी की मुश्किल घड़ी में अपनी पूरी ताकत के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटी हुई हैं

श्री मोदी ने राज्यों से दवाओं और चिकित्सा सामग्री की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान लोगोंकी कठिनाईयां दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने कई ठोस कदम उठाएं हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों से सर्दी जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को सामान्य रूप से नहीं लेने की अपील करते हुए जल्द से जल्द कोविड जांच करवाने की अपील की उन्होंने लोगों से सरकार द्वारा निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल के पालन का भी आहवान किया श्री मोदी ने कहा कि जनभागीदारी के साथ देश पूरी मजबूती और समर्पण से कोरोना महामारी की चुनौती से उबर जाएगा प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड चौदह हजार एक सौ इकतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जो इसी अवधि में मिले कुल संक्रमितों की संख्या से लगभग दुगुनी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर पचासी दशमलव छह तीन प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है प्रदेश में अब तक पांच लाख चौवालीस हजार चार सौ पैंतालीस लोगों ने कोरोना को मात दी है इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण दर में लगातार गिरावट का सिलसिला बना है लगभग एक महीने के बाद संक्रमण दर सात प्रतिशत से कम दर्ज की गयी कल एक लाख आठ हजार तीन सौ सोलह कोविड नमूनों की जांच की गयी जिसमें सात हजार चार सौ चौरानवे लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है सबसे अधिक नौ सौ सड़सठ मामले पटना से दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चौबीस घंटों में कोविड के सतहत्तर मरीजों की मौत हुई है जिससे इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार छह सौ सत्तर हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या नवासी हजार पांच सौ तिरसठ है प्रदेश में अब तक अठासी लाख सैंतीस हजार आठ सौ इकतीस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख सोलह हजार चार सौ इकतालीस लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से एक लाख छह हजार बारह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि दस हजार चार सौ उनतीस लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई कल अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के नवासी हजार आठ सौ सोलह लाभुकों को टीके लगाये गये इधर देश में अब तक अठारह करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है

कोविड संक्रमित पाये जाने के बाद उनका हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स में इलाज चल रहा था उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है दूरदर्शन के ही कर्मी भगवान ठाकुर की दिल्ली में कोविड से मौत हो गयी आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कल पटना में आठ और कैमूर में एक मरीज की पहचान हुई है इससे पूर्व भी राज्य में ब्लैक फंगस के दस मामले सामने आ चुके हैं पटना उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी पंचायतों के मुखिया और जिला परिषद अध्यक्ष समेत सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में होने वाली मौत की जानकारी चौबीस घंटे के अंदर जन्म और मृत्यु निबंधक के पास देने का आदेश दिया है कोविड प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया पीठ ने कहा कि इस तरह से सूचना एकत्र होने से सरकार को यह पता करने में सहुलियत होगी कि इनमें कितनी मौतें कोविड से हुई है न्यायालय ने यह भी कहा कि जानकारी देने से चूकने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पद से हटा दिया जायेगा साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए अभी से ठोस प्रयास शुरू करने का भी निर्देश दिया राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान मछली मुर्गा और अंडे जैसे पॉल्ट्री उत्पादों के परिवहन पर कोई रोक नहीं है पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया है विभागीय मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि पॉल्ट्री उत्पादों का आवागमन बाधित न हो यह सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में पशुचारे की दुकानें भी खुली रहेंगी साथ ही पशु चिकित्सालय औषधालय और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी खुले रहेंगे केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड की जांच और टीकाकरण की गति बढ़ाने की राज्य सरकार से मांग की है पटना में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में श्री प्रसाद ने अठारह से चौवालीस वर्ष की महिलाओं के लिए अलग टीकाकरण केन्द्र की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया

केन्द्रीय मंत्री ने ग्राामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से सेनेटाईजेशन अभियान भी चलाने की आवश्यकता जतायी मौसम विभाग ने बिहार में पन्द्रह जून के बाद दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहंचने की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल में इस महीने की इकतीस तारीख तक पहुंच सकता है इसमें चार दिनों का अंतर हो सकता है इधर पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है अगले बहत्तर घंटों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि चक्रवातीय परिसंचरण के कारण आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में क्छ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है

वे अठहत्तर वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे उनके निधन पर राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जतायी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है कोरोना से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी प्रभात खबर की सुर्खी है सत्ताईस दिन बाद सात फीसदी से नीचे आयी संक्रमण की दर दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है कोरोना काल की तीस प्रतिशत मौतें पिछले चौदह दिनों में एक्सपर्ट बोले पीक आकर चला गया दैनिक जागरण की सुर्खी है देश में स्पुतनिक वी लगनी शुरू एक डोज की कीमत नौ सौ पंचानवे रूपये राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कोविड टीके का प्रभाव जानने के लिए स्थापित होगा राष्ट्रीय निगरानी मंच दैनिक आज की सुर्खी है कृषि सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी किसानों के खाते में दो दो हजार रूपये भेजे गये

प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर पचासी प्रतिशत से अधिक हुई